मदन कौशिक कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम मंत्रियों ने ख्द को होम क्वारंटीन करने का फैसला लिया है

श्री कौशिक ने बताया कि प्रदेश में अनलॉक के पहले चरण में छुट को लेकर विचार किया गया है

एक समाचार एजेंसी के मुताबिक पार्टी के मीडिया प्रभारी अजेंद्र अजय ने बयान जारी कर कहा है कि म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ख्द को होम क्वारंटीन किया है इसके बावजूद वे दूरभाष और अन्य माध्यमों से सभी जरूरी काम निपटा रहे हैं स्वास्थ्य सचिव प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा है कि राज्य के मंत्री और अधिकारी अपना कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं और उन्हें क्वारंटी किए जाने की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक में मंत्री और अधिकारी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के क्लोज कॉन्टेक्ट में न होने के कारण कम रिस्क वाले कॉन्टेक्ट के अंतर्गत आते हैं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के संबंध में प्रावधान के म्ताबिक कॉन्टेक्ट का दो वर्गों ज्यादा रिस्क और कम रिस्क वाले कान्टेक्ट में वर्गीकरण किया जाएगा

कम रिस्क वाले कान्टेक्ट होने पर व्यक्ति अपना कार्य पहले की तरह कर सकते हैं

अनलॉक फेज वन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया है

प्रदेश में रेड ऑरेंज और ग्रीन जिलों को चिन्हित किया गया है नैनीताल जिला रेड जोन में आ गया है उधमसिंह नगर जिला ग्रीन जोन में शामिल किया गया है और शेष जिले ऑरेंज जोन में हैं

इस दौरान सामाजिक दूरी और स्वच्छता के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है रेड जोन में रेलवे स्टेशन और हवाई अड़डे से यात्रियों को लाने और ले जाने के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेंगे रेड जोन जिले से बाहन जाने और आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इसके लिए वैध पास होना अनिवार्य होगा

राज्य के अंदर अंतरजनपदीय परिवहन के लिए देहरादुन स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा अन्य प्रदेशों से आने वाले निजी और कॉमर्शियल वाहनों के लिए वैध पास का होना अनिवार्य होगा प्रलिस महानिदेशक प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों पर प्लिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक क्मार ने चिंता जताई है उन्होंने सभी प्रवासियों और खासकर महाराष्ट्र से आये लोगों से गाइडलाइंस का पालने करने की अपील की है उन्होंने कहा कि अब ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है इस बीच प्लिस प्रशासन भी जन जागरूकता अभियान चला रहा है महानिदेशक अशोक क्मार ने बताया कि प्लिकर्मियों के लिए मार्गदर्शिका जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि प्लिसकर्मियों को पब्लिक को कैसे डील करना है और किस तरीके से कोरोना से लड़ना है जो प्लिसकर्मी ग्राउंड जीरो पर इयूटी कर रहे हैं उनको पीपीटी मास्क आदि लगाने के आदेश दिये गए हैं चंपावत कोरोना अपडेट चंपावत जिले में रविवार शाम को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद जिले के एक आय्र्वेदिक डॉक्टर दो प्लिसकर्मियों और एक पैरामेडिकल स्टाफ में कोरोना संक्रमण की प्ष्टि हई है जिले में पहली बार कोरोना वारियर्स में संक्रमण की प्ष्टि के बाद जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है

उन्होंने बताया कि इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जूटाई जा रही है सभी संक्रमित को आइसोलेशन में रखा गया है नैनीदुन जनशताब्दी काठगोदाम देहरादून रेलवे स्टेशन के बीच नैनीदून जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन का संचालन कल से श्रू हो जायेगा नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि कल स्बह से काठगोदाम स्टेशन से देहरादून के लिए ट्रेन रवाना होगी यही ट्रेन शाम को देहरादून से वापसी कर देर रात काठगोदाम पहंचेगी ट्रेन से आने वाले क्माऊं मण्डल के यात्रियों को उनके जिलों तक पहंचाने की व्यवस्थाओ के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिये उन्होंने कहा कि बिना बीमारी के लक्षण वाले यात्री ही यात्रा कर सकेंगे यात्रियों के परिजन स्टेशन परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे उन्होने कहा कि देहरादून से काठगोदाम आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य परीक्षण थर्मल स्कैनिंग और उनको भैजने की व्यवस्था लालक्आं हल्दवानी और काठगोदाम स्टेशनों से की जायेगी लालक्आं स्टेशन से चम्पावत और पिथौरागढ़ जिले के यात्रियों को बस से निश्ल्क रुद्रप्र भैजा जायेगा वहां से आगे की व्यवस्था उधमसिंह नगर जिला प्रशासन दवारा की जायेगी गंगा दशहरा गंगा दशहरा का पर्व आज तीर्थ नगरी हरिदवार में सादगी से मनाया गया कोरोना महामारी के चलते हरकी पैड़ी पर श्रद्वाल्ओं का प्रवेश प्री तरह प्रतिबंधित रखा गया था छिटप्ट स्थानीय श्रद्वाल्ओं ने आसपास के घाटों पर आस्था की इबकी लगाई यह पहला मौका है जब गंगा दशहरे पर श्रद्वाल्ओं की भीड़ गंगा घाटों पर नजर नहीं आयी गंगा दशहरा पर्व मां गंगा के धरती पर अवतरण के रूप में मनाया जाता है आमतौर पर इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धाल् हरिद्वार में स्नान करते हैं इन्हीं दिनों चारधाम यात्रा भी चलती है जिससे हरिद्वार में लोगों की भारी भीड़ रहती है